प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए से कोई भी भारतीय प्रभावित नहीं होगा और न ही इससे अल्पसंख्यकों के हितों को कोई नुकसान पहुंचेगा श्री मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग ले रहे थे श्री मोदी ने कानून की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग देश को धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि ये लोग देश को गुमराह कर रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि आजादी के सत्तर साल बाद भी भारत अपनी समस्याओं को अनसुलझा नहीं रख सकता

नाबालिग से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून नहीं बनता

अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले साढ़े पांच सालों के दौरान मुद्रा योजना स्टार्ट अप योजना और स्टैंड अप योजना से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये उन्होंने कहा कि हर घर तक शौचालय और एलपीजी कनेक्शन पहुंचाने का वायदा पूरा किया गया श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिये उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ़ गुणा बढ़ोतरी का मामला लंबे अरसे से लंबित था जिस पर उनकी सरकार ने आवश्यक कार्रवाई की श्री मोदी ने कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों में एक नया विश्वास पैदा हुआ है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह देश को नई दिशा देने वाला अभिभाषण है जिसमें न्यू इंडिया का विजन साफ दिखता है उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक द्रष्कर्म और हत्या मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चूनौती देने वाली केन्द्र की अपील पर कल सूनवाई करेगा उच्च न्यायालय ने कल निचली अदालत के आदेश के खिलाफ केन्द्र की याचिका खारिज कर दी थी उच्च न्यायालय ने मौत की सजा पाये चारों दोषियों को अलग अलग के बजाय एक साथ फांसी दिये जाने का आदेश दिया था केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करने की सरकार की कोई योजना नहीं है राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में श्री प्रसाद ने कहा कि इन दोनों ही कंपनियों के पुनरूद्वार के लिये सरकार प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन का आज प्ररे पूलिस सम्मान के साथ उनके पैतुक गांव भोजपूर जिले के जगदीशपूर के इसाढ़ी देव टोला में अंतिम संस्कार सम्पन्न हुआ अंतिम संस्कार से पूर्व उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया शहीद जवान के अंतिम दर्शनों के लिये हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी अंतिम यात्रा में लोग शहीद जवान रमेश रंजन अमर रहे के नारे लगा रहे थे इससे पूर्व आज पटना हवाई अड्डे पर शहीद जवान को राज्य सरकार के मंत्री नंद किशोर यादव और पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय सहित पुलिस के वरीय अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की मुजफ्फरपुर स्थित भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के पांच अधिकारियों को पद से हटा दिया गया है पदों के अनुरूप योग्यता नहीं होने के कारण कुलाधिपति के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी है जिन अधिकारियों को पद से हटाया गया है उनमें डिप्टी रजिस्ट्रार आतिफ रब्बानी विकास पदाधिकारी आशुतोष कुमार विधि अधिकारी मयंक कपिला सूचना पदाधिकारी एहसान राशिद और पेंशन अधिकारी भरत भूषण शामिल हैं नगर निकायों के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न निकायों में साफ सफाई व्यवस्था बूरी तरह प्रभावित हुई है पटना में जगह जगह गंदगी का ढेर लग गया है भीषण द्र्गंध के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिला प्रशासन ने कूड़ा उठाव के लिए नगर निगम के प्रत्येक अंचल में दो दो टीमों का गठन किया है सभी टीमों के साथ पुलिस बल की तैनाती की गयी है इधर प्रशासन ने हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों के संगठन पटना नगर निगम कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के छह नेताओं के खिलाफ पटना कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी है इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने और हंगामा करने का आरोप है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना जतायी है मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है जिस कारण प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इधर उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और तेज पछ्आ हवा के कारण पूरे प्रदेश का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे बना हुआ है आज आठ दशमलव एक डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा राज्य सरकार ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों और प्रस्तकालय कर्मियों के वेतन भूगतान के लिये दो अरब चार करोड़ रूपये की राशि जारी की है सीतामढ़ी जिले के पूनौरा धाम स्थित माँ जानकी के मंदिर परिसर को मधूबनी पेंटिंग से सजाया जायेगा जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने बताया कि हस्त शिल्प और वस्त्र मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जिला प्रशासन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गयी है उन्होंने बताया कि पेंटिंग का काम रामायण की थीम पर होगा बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली पूर्व रेलवे की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना पीरपैंती गोड्डा रेल मार्ग के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का काम जल्द शुरू होगा पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक सुनीत शर्मा ने भागलप्र में यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस नये रेल मार्ग के निर्माण के लिये सभी बाधाओं को दूर कर लिया गया है भागलपुर में आज से चार दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता एकलव्य की शुरूआत हुई तिलकामांझी विश्वविद्यालय की मेजबानी में आयोजित इस प्रतियोगिता का राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने उद्घाटन किया उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने अगले वर्ष एकलव्य प्रतियोगिता की मेजबानी पटना विश्वविद्यालय को दिये जाने की घोषणा की प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जिलाधिकारी आवास के पास अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर एक व्यापारी से साढ़े चार लाख रूपये लूट लिये वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर हथियार और चरस के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत गोंगरीपर गांव से प्रलिस ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया है बिस्कोमान के सहायक गोदाम मैनेजर अमित भारती को ठगी के आरोप में राजस्थान पुलिस ने नवादा से गिरफ्तार किया है उस पर एलपीजी एजेंसी देने के नाम पर आठ लाख रूपये ठगी करने का आरोप है पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के मंझरिया पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव भन्नु यादव को नल का जल योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के पीपरपाती गांव में आपसी विवाद में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में लगभग छह लोग घायल हो गये

मूजफ्फरपुर जिले के पानापूर चौकी के हाजत से एक कैदी फरार हो गया उसे कल साइबर ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था राष्ट्रीय खाद्य स्रक्षा योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों के उठाव परिवहन और वितरण व्यवस्था की आम लोगों को जानकारी देने के लिये दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने डोर स्टेप डिलीवरी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया